मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी में नशीली दवाओं के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए साझे प्रयासों की जरूरत बताई

प्रदेश के अधिकांश इलाकों में छाए रहे बादल चम्बा व शिमला में जोरदार बारिश कैबिनेट राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों बागवानों को राहत देते हुए फलों व सब्जियों पर लगने वाले कर को वापिस लेने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया इससे फल व सब्जी ले जाने वाले ट्रांसपोर्टरों को परवाणु चक्की मोड़ बैरियर पर सीजीसीआर कर देने से छूट मिलेगी मंत्रिमंडल ने आम जनता की सुविधा के लिए स्टील लोहा और प्लास्टिक की वस्तुओं पर ए जीटी के तहत लगने वाले अतिरिक्त सामान कर की मौजूदा दरों को कम करने की भी मंजूरी दी है

मंत्रिमंडल ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल पुष्प कांति योजना को भी मंजूरी दी इसके अलावा बैठक में विभिन्न श्रेणियों के पद भरने पर भी मोहर लगाई गई मुख्यमंत्री आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है इस उपलक्ष्य में आज शिमला में पुलिस विभाग द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई जिसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इांडी दिखाकर रवाना किया

इस मौके मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खिलाफ छात्रों व अन्य प्रतिभागियों को शपथ भी दिलाई बाद में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने युवा पीढ़ी द्वारा नशीली दवाओं के उपयोग पर चिंता जताते हुए इसे समाप्त करने के लिए सांझे प्रयासों की जरूरत बताई मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित की गई है जयराम ठाकुर ने गैर सरकारी संस्थाओं महिला मंडलों और पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी इस बुराई को समाप्त करने के लिए आगे आने का आग्रह किया नशा निवारण इस बीच प्रदेश पुलिस विभाग ने आज शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में नशा निवारण जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया इस मौके राज्यपाल आचार्य देवव्रत बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे उन्होंने नशा निवारण के संबंध मे ंकिये जा रहे प्रयासों के लिए पुलिस विभाग की सराहना की राज्यपाल ने कहा कि पुलिस विभाग को सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर इस बुराई को जड़ से मिटाने के प्रयास करने चाहिए उन्होंने कहा कि मशोबरा स्थित राजभवन की भूमि पर भविष्य में नशा निवारण केंद्र स्थापित किया जाएगा कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और समाज सेवकों ने हिस्सा लिया इस दौरान पुलिस महानिदेशक सीताराम मरढ़ी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज शिमला में टैक्नोलॉजी एंड फ्यूचर ट्रैंड्स संस्थान आईटीएफटी के दीक्षांत समारोह में हिमाचली विद्यार्थियों को डिग्रियां देकर सम्मानित किया संस्थान ने आईटीएफटी से अपनी डिग्री पूरी करने वाले हिमाचल के विद्यार्थियों के लिए ये समारोह आयोजित किया

आचार्य देवव्रत ने कहा कि शिक्षा अपने तक सीमित नहीं होनी चाहिए और इसका उपयोग समाज कल्याण के अलावा राष्ट्रहित में होना चाहिए शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने सड़क सुरक्षा नियमों को कड़ाई से लागू करने पर बल देते हुए नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत बताई है धर्मशाला में कांगड़ा जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने ये बात कही शांता कुमार ने कहा कि ये जरूरी है कि सड़क नियमों को लेकर लोगों के मन में कानून का डर हो ताकि कोई नियम तोड़ने की हिम्मत न कर सके और मूल्यवान जीवन सड़क पर बर्बाद न हो उन्होंने लोक निर्माण विभाग को जिले में दुर्घटना संभावित स्थान चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुधारने को कहा बाद में शांता कुमार ने जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता भी की इस मौके उन्होंने सांसद निधि के तहत विकास कार्यो को दी गई धनराशि के उपयोग का ब्यौरा अधिकारियों से मांगा राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने भाजपा के संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत मंडी ज़िले के सरकाघाट में विशिष्ट नागरिकों को केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित पुस्तक मेंट की इस मौके उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने चार साल के कार्यकाल में विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जिनका लोगों को सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है

बाद में उन्होंने सरकाघाट की पूर्व विधायक लीला शर्मा के घर जाकर उनका कुशलक्षेम भी पूछा बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में विधानसभा परिसर का निरीक्षण कर पिछले चार महीनों में हुए मुरम्मत कार्यों का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने लाइब्रेरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष लॉज के साथ लगते डायनिंग रूम में कई सुधारों का निर्णय लिया राजीव बिंदल ने लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को ये कार्य समयबद्व निपटाने के निर्देश दिए रणघीर शर्मा प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस नेता अपनी पार्टी के संकट और गुटबाजी व राज्य सरकार की शानदार उपलब्धियों से ध्यान हटाने के लिए तथ्यहीन ब्यानबाजी कर रहे हैं आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कांग्रेस नेताओं को अपने संगठन की गुटबाजी पार्टी स्तर पर निपटाने और भाजपा को इसमें शामिल न करने की सलाह दी है रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा न करने का आरोप भी लगाया उन्होंने दावा किया कि जयराम ठाकुर ने छः बार के मुख्यमंत्री से अधिक काम किए हैं और उन्होंने पांच बार विधायक रहकर लोगों के हित में कार्य किया है रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है समिति प्रदेश विधानसभा के प्राक्कलन समिति ने किन्नौर के एक दिवसीय दौरे के दौरान आज विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक योजनाओं व कार्यों के संबंध में एक समीक्षा बैठक की

समिति ने सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग को फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों के शारीरिक विकास के अलावा प्रतिस्पर्धा की भावना सुदृढ़ होती है शिमला जिले मे ठियोग उपमंडल की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला केलवी में खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दे रही है और प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोंचिग उपलब्ध करवाई जा रही है इस मौके शिक्षा मंत्री ने अढाई करोड़ की राशि से बनने वाले स्कूल भवन की आधारशिला भी रखी

चम्बा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि केवल किलाड़ पंचायत में ही बिजली आपूर्ति बहाल है हिम ऊर्जा के साच स्थित पावर हाऊस के प्रभारी अजय राणा ने बताया कि पावर हाऊस में तकनीकी खराबी के चलते ये समस्या आई है और इसका कुछ पार्ट मरम्मत के लिए चंडीगढ़ भेजा गया है उन्होंने दो दिनों में बिजली आपूर्ति बहाल करने की बात कही बिजली व्यवस्था ठप्प होने से लोगों को रोजमर्रा के कार्यों में परेशानी हो रही है मौसम प्रदेश के कुछ इलाकों में आज दिन के समय वर्षा हुई जबकि अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहे चम्बा जिले में मूसलाघार बारिश हो रही है जिससे सड़कों पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है निचले जिलों हमीरपुर बिलासपुर मंडी ऊना और सिरमौर में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में जोरदार वर्षा हुई जिससे मौसम सुहावना बन गया है मैदानी क्षेत्रों से गर्मी से राहत पाने के लिए विभिन्न पर्यटन स्थलों में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे है

सीबीएसई सीबीएसई ने पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए ऊना के डीएवी पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है ऊना से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य अतुल महाजन ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि अगले वर्ष से कोई भी नया दाखिला नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि पहले से विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को बोर्ड ने अगले दो वर्ष तक विद्यालय में पढ़ने की छूट दी है शिविर शिमला जिला के डोडरा क्वार उपमंडल में आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया यह शिविर आरबीआई द्वारा पहली बार डोडरा क्वार के दूरदराज क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से लगाया गया शिविर में राज्य सहकारी बैंक के जिला प्रबंधक वीरेंद्र शर्मा ने लोगों को बैंक से संबंधित सुविधाओं के बारे में जानकारी दी शिविर में आरबीआई के महाप्रबंधक रमेश चंद ने भी भाग लिया

इस संबंध में सरकार ने आज अधिसूचना जारी कर दी है चुनाव वाले दिन क्षेत्र से बाहर रहने वाले कर्मचारी मतदाताओं को वोट देने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा बशर्ते उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारी से वोट देने संबंधी प्रमाण पत्र दिखाना होगा